संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है

शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता आनंद शर्मा ने बैठक में भाग लिया बैठक में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है श्री मोदी ने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम चर्चा और बहस करना है संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक के बाद बताया कि सरकार हर मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है

सरकार के पास में टोटल सत्ताईस बिल्स है उसके अलावा दो अध्यादेश है वो अध्यादेश को हमको पारित करना है और उसके अलावा जो नया बिल आने वाला है उसके बारे में हम अपोजिशन को अवगत भी किया है श्री जोशी ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर इस महीने की छब्बीस तारीख को दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक बुलाने का कार्यक्रम है

उसमें माननीय राष्ट्रपति जी माननीय उपराष्ट्रपति जी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ये सब लोग रहने वाले हैं बैठक में तृणमूल कांग्रेस लोक जनशक्ति पार्टी समाजवादी पार्टी और तेलुगुदेशम पार्टी के नेता भी शामिल हुए कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सर्वदलीय बैठक की थी बैठक में राजनीतिक दलों ने संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया था

व्यवस्थित रूप चले अच्छी वाद विवाद हो चर्चा हो जनता के मुद्दे यहां पर उठाए जाएं और सभी राजनीतिक दलों ने विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर सबकी सहमति से ठीक से चलाने का प्रयास करेंगे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जीएसटी फार्म भरने की प्रक्रिया को लेकर चिंता को दूर करने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं वित्त मंत्री जीएसटी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए आयोजित एक बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रही थी उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली जीएसटी भरने की नई प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार से विचार विमर्श होना चाहिए पूर्वोत्तर से सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति न्यायमूर्ति रंजन गोगोई आज भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गये श्री गोगोई देश के छियालीसवें प्रधान न्यायाधीश थे उन्हें दशकों से चले आ रहे राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद मामले के पटाक्षेप का श्रेय जाता है न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबड़े कल देश के सैंतालीसवें प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की इस दौरान राज्य में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो को लेकर बातचीत हुई मुख्यमंत्री ने राज्य के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और विकास लक्ष्यों के समाधान तलाशने में निरंतर भागीदारी के लिए सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई है बिल गेट्स ने इस अवसर पर कहा कि अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे स्वस्थ होकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हों श्री गेट्स ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनका फाउंडेशन राज्य सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय भी मौजूद थे बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पटना में पैक्स चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है जारी अधिसूचना के तहत पटना जिले में नौ से सत्रह दिसंबर के बीच पांच चरणों में पैक्स चुनाव होगा जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सभी चरणों के मतदान के अगले दिन मतगणना होगी चालू खरीफ मौसम में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी प्रदान करने के लिए आवेदन जमा करने का काम जारी है फिलहाल इस योजना के तहत साढ़े चार लाख किसानों के आवेदन कृषि विभाग को प्राप्त हो चुके हैं प्रभावित किसान कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए बीस नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किसानों का दावा सही पाये जाने पर आवेदन के पच्चीस दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा कृषि विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई से सितंबर माह के दौरान बाढ़ और अतिवृष्टि से राज्य में सात लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी खरीफ फसलें नष्ट हुई हैं राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर स्थानों पर अगले एक सप्ताह तक मौसम सामान्य बना रहेगा मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि इस दौरान आसमान साफ रहेगा प्रदेश में अधिकतम तापमान तैंतीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह से पंद्रह डिग्री तक बने रहने की संभावना व्यक्त की गयी है फिलहाल अभी पछुआ हवा चल रही है अगर देश के उत्तरी क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी होती है तो इसके असर से प्रदेश में ठंड में वृद्धि होगी केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने आज आरा रेलवे स्टेशन पर सौ फीट ऊचें तिरंगे का अनावरण किया इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि यह स्मारक ध्वज देशभक्ति का प्रतीक है समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने भाग लिया राजधानी पटना के बेली रोड में यातायात को सरल और सुगम बनाने के लिए नगर विकास विभाग की ओर से तीन स्थानों पर पुश बटन लगाया गया है विभाग के सचिव आनंद किशोर ने बताया कि हड़ताली मोड़ चिड़ियाखाना और विश्वेश्वरैया भवन के पास यह नई व्यवस्था आज से शुरू हो गयी है श्री किशोर ने बताया कि पुश बटन दबाने पर हरी बत्ती बीस सेकेंड के लिए लाल होगी और ट्रैफिक रूक जाएगा इसके बाद लोग सड़क पार कर सकेंगे फिर पंद्रह मिनट तक हरी बत्ती जली रहेगी इसके बाद ही कोई पुश बटन का उपयोग दोबारा कर पायेगा सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के लालबाजार के पास मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक शिक्षक की मौत हो गयी वहीं एक अन्य घायल हो गया औरंगाबाद जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो युवकों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया वहीं रोहतास जिले के अगरेर थाना क्षेत्र के मोकर के पास एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये गोपालगंज जिले में सदर थाना क्षेत्र के अफजल मोड़ के समीप अपराधियों ने पूर्व उप मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी अररिया जिले के फारबिसगंज स्टेशन पर लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन में अट्टावन मरीजों की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया वहीं जिले के सिकटी सीमा चौकी के कुचहा से एसएसबी के जवानों ने नेपाल से तस्करी कर ला रहे पचानवे बोरा मटर के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय पुलिस ने चेरिया बरियारपुर के आकोपुर से पिछले अठारह अक्टूबर को दरभंगा के एक निजी कंपनी के कर्मचारी से हुई लूट के मामले में दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है खगड़िया मुख्यालय के परमानंदपुर स्थित एक अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विवेकानन्द पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नगर थाना पुलिस ने चार नामजद के साथ एक दर्जन अज्ञात लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की है